विश्व हाथ धुलाई दिवस पर सभी स्कूलों में आज आयोजित किये जायेंगे जागरूकता कार्यक्रम

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी

वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध है उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को नकदी की उपलब्यता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से लघु एवं मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए बिल डिस्काउंटिंग सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉऑपरेटिव बैंक के मामले में वित्तमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने बारबार इस बात का आश्वासन दिया है कि वह ग्राहकों के हितों का ध्यान रखेगा और जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने की कोशीश करेगा उन्होंने कहा कि जिस किसी क्षेत्र को धन की आवश्यकता होगी नियमों के अनुसार उसे पैसा दिया जायेगा संस्कृति महोत्सव राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि हमारी संस्कृति ज्ञान कला कई क्षेत्रों में भले ही भिन्न हो लेकिन जब यह एकत्र होते हैं तो उनमें पूरा भारत दिखाई पड़ता है

पेश है एक रिपोर्ट नोबेल बधाई राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी उनकी पत्नी एस्थर ड्यूफ्लो और माइकल क्रेमर को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उनके अनुसंधान ने अर्थशास्त्रियों को भारत और विश्व में गरीबी से लड़ने के तौर तरीकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व में गरीबी उन्मूलन के बारे में प्रोफेसर बैनर्जी ने जो प्रयोगात्मक तरीका अपनाया है उससे विश्व समुदाय को गरीबी की जबरदस्त चुनौती को समझने और इसका समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि श्री बैनर्जी ने गरीबी दूर करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है श्री मोदी ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार साझा करने के लिए एस्थर ड्युफ्लो और माइकल क्रेमर को भी शुभकामनाएं दी कल इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी झाबुआ उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उप चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं इसी के मद्देनजर केन्द्रीय चुनाव आयोग का एक दल आज झाबुआ में चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेगा यह दल बोरी रानापुर और टीटोल का दौरा करेगा बाद में यह दल झाबुआ जिला मुख्यालय कार्यालय में सभी राजनीतिक दलों पर्यवेक्षकों और चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा

इनमें भाजपा के भानु भूरिया कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया निर्दलीय कल्याण सिंह डामोर नीलेश डामोर और रामेश्वर सिंघार शामिल हैं

इस प्रणाली में एम्बुलेंस वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगे हैं नागरिकों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है

इस बार की थीम स्वच्छ हाथ है आज राज्य की सभी शालाओं में मध्याह भोजन से पहले सभी विद्यार्थियों के हाथ साब्न से ध्वलवाए जाएंगे साथ ही बच्चों को प्रतिदिन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की सीख दी जाएगी शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शासन के आदेशानुसार हाथ धुलाई के लिए जिले के सभी स्कूलों में उचित व्यवस्था की गई है वहीं भिंड जिले के स्कूलों में हाथ धूलाई के लिए पानी साबून तथा पर्याप्त संख्या में बाल्टी जग आदि की व्यवस्था की गई है सीहोर और खंडवा में भी आज बच्चों को प्रतिदिन भोजन के पहले साबुन से हाथ धोने की सीख दी जायेगी शहडोल होशंगाबाद नरसिंहपुर डिण्डोरी सागर मुरैना छिन्दवाड़ा उमरिया और अनूपपुर में भी विश्व हाथ धुलाई दिवस पर सभी शालाओं में हाथ धुलाई के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है किकेट सुपर ओवर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सभी बड़े टूर्नामेंट में सुपर ओवर नियम में बदलाव किया है विश्व कप फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मैच में इंग्लैंड को चौकों के आधार पर विजेता घोषित किए जाने से उठे विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है नए नियम के अनुसार दोनों टीमें बराबर रन बनाती हैं तो तब तक सुपर ओवर किया जाएगा जब तक विजेता का फैसला नहीं हो जाता मानसून मॉनसून बिदाई के साथ ही अब राज्य के अधिकांश जिलो में दिन में तेज धूप खिल रही है वहीं सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का अहसास होने लगा है मौसम केन्द्र के मुताबिक हवाओं का रूख उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी होने से रात के तापमान में गिरावट होने हो रही है उम्मीद जताई जा रही है कि दीवाली के बाद अच्छी सर्दी पड़ने लगेगी

मौसम केन्द्र ने आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क और सामान्य रहने का अनुमान बताया है

उनके खिलाफ सबला योजना में वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतें थी